पहले चरण के मतदान के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन

महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद और गहरा गया है दरभंगा मधुबनी सुपौल मधेपुरा और नालंदा सहित कई अन्य सीटों पर चल रहे खींचतान को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह को दिल्ली तलब किया है सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी आज होने वाली बैठक में अंतिम रूप से कोई फैसला करेंगे इस बीच राजद ने कहा है कि आज शाम पटना में सभी दलों के संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में सीटों की अंतिम रूप से घोषणा की जायेगी वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया है कि महागठबंधन में अब सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं रह गया है

अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी इस चरण में चौदह राज्यों और कोन्द्र शासित प्रदेशों के एक सौ पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे प्रदेश में इस चरण के तहत सुपौल मधेपुरा खगड़िया झंझारपुर और अररिया में मतदान होना है तीसरे चरण में पर्चे भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है पर्चों की जांच पांच अप्रैल होगी और उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे ग्यारह अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिये आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है इस चरण में औरंगाबाद गया नवादा और जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सैंतालीस प्रत्याशियों के पर्चे सही पाये गये हैं वहीं अठारह अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए दाखिल नवासी नामांकन पत्रों में से उन्नीस को रद्द कर दिया गया है इस चरण के लिए कल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर होमगार्ड के जवानों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी पुलिस अपर महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान केन्द्रीय सुरक्षा बलों की एक सौ पांच कंपनियों की तैनाती होगी श्री कृष्णन ने कहा कि इस बात का आकलन किया जा रहा है कि जिलों में बिहार पुलिस के कितने जवानों की जरूरत होगी निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त बैनर पोस्टर पर अनिवार्य रूप से मुद्रक का नाम पता और फोन नम्बर छापने का निर्देश दिया है ऐसा नहीं करने वालों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा इसके तहत छह महीने की सजा और दो हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान आमलोग और व्यापारी वर्ग द्वारा पचास हजार रूपये नकद लेकर चलने पर कोई पूछताछ नहीं होगी वहीं पचास हजार से अधिक और दस लाख रूपये तक की राशि साथ लेकर चलने पर चुनाव आयोग को राशि का स्रोत बताना होगा राज्य में चुनाव के नोडल पदाधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक कमल किशोर ने पटना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी रालोसपा के प्रधान महासचिव रामबिहारी सिंह और हम के प्रदेश महासचिव मनोज तिवारी सहित दोनों पार्टियों के कई नेता अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गये हैं पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में इन सबों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की पटना स्थित एटीएस की विशेष अदालत ने पटना रेलवे स्टेशन के पास से पिछले दिनों गिरफ्तार दो संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों को पूछताछ के लिए दो दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है दोनों आतंकियों से पूछताछ के लिए पुलिस ने पन्द्रह दिनों की रिमांड पर सौंपे जाने का आवेदन दिया था लेकिन विशेष अदालत ने केवल दो दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति दी है बहुचर्चित सृजन घोटाले के तीन फरार आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने लुक आउट कार्नर नोटिस जारी किया है जिन आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उसमें अमित कुमार उसकी पत्नी रजनी प्रिया और भागलपुर के पूर्व कल्याण पदाधिकारी अरुण गुप्ता की पत्नी इंदु गुप्ता शामिल हैं भगौड़ा घोषित होने के बाद देश से भागने की आशंका के मद्देनजर जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीनों आरोपियों की तस्वीर के साथ अलर्ट कर दिया गया है साथ ही उनके पासपोर्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया है ये सभी आरोपी दो हजार सत्रह से फरार चल रहे हैं मौसम विभाग ने इकतीस मार्च से दो अप्रैल के बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि राज्य के वायु मंडल में इन दिनों पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव बना हुआ है जिसके कारण अनियमित बारिश की आशंका बनी हुई है इस स्ट्रीम का प्रभाव अगले कुछ सप्ताह तक बना रहेगा पटना उच्च न्यायालय ने संस्कृत और मदरसा बोर्ड में वर्ष दो हजार ग्यारह से नियुक्त शिक्षकों को नियत की जगह नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया है

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भवन निर्माण विभाग ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगला आवंटन को रद्द करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवंटित बंगला रद्द किया गया है उसमें जगन्नाथ मिश्र सतीश प्रसाद सिंह राबड़ी देवी लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी शामिल हैं हालांकि राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते वर्तमान आवास का ही पुनः आवंटन कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने इकतीस मार्च को सभी बैंकों को खोलने का निर्देश जारी किया है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर रविवार की छुट्टी होने के बावजूद सभी बैंकों में भुगतान और एकाउंट कार्यालय खुले रहेंगे पटना स्थित एम्स में आर्थिक रूप से कमजोर अठारह साल तक के बच्चों का निःशुल्क इलाज होगा इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एम्स प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ है पटना स्थित एक विशेष अदालत ने हेरोईन तस्करी के मामले में पांच आरोपियों को दस दस वर्ष कठोर कारावास और एक एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है वहीं जिले की एक अन्य अदालत ने नवादा के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नरेश पासवान को रिश्वत लेने के मामले में दो वर्ष कारावास और बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इकतीस पदों पर पारा मेडिकल कर्मियों की हुई बहाली को स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के सलौना में देर रात एक घर में आग लग जाने से दो सगी बहनों की झूलस कर मौत हो गयी आज के सभी समाचार पत्रों ने भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र ए सैट के सफल परीक्षण से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अंतरिक्ष में अमेद्य भारत स्वदेशी मिसाइल ने तीन मिनट में सेटेलाइट को मार गिराया दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है मिशन शक्ति के दम पर अमेरिका रूस और चीन के बाद चौथा स्पेस सुपर पावर बना भारत दैनिक भास्कर की सुर्खी है खगड़िया से लड़ेंगे मुकेश सहनी दरभंगा छोड़ी पर मधुबनी वीआईपी के खाते में फातमी नाराज प्रभात खबर लिखता है बेगूसराय से ही लड़ेंगे गिरिराज सिंह आज की सुर्खी है बॉलीवुड भी उतरा चुनाव समर में भोजपुरी सुपर स्टार रवि किशन लड़ेंगे चुनाव निरहुआ ने थामा बीजेपी का दामन उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है दूसरे चरण में उन्नीस प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे रद्द और अब अंत में मुख्य समाचार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद और गहराया

पहले चरण के मतदान के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन